राजस्थान में अस्थियों का विसर्जन बांसवाडा स्थित बेणेश्वर धाम कोटा की चम्बल नदी और अजमेर के पूष्कर सरोवर में किया जायेगा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पुष्कर सरोवर में होने वाले अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में शामिल हो गी

कई किताबे लिख चुके श्री र्नैयर केन्द्र सरकार में कई वर्षो तक प्रेस सूचना अधिकारी रहे पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को श्री नैयर के नाम पर कुलदीप नैयर पत्रकारिता पुरस्कार भी दिया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कुलदीप नैयर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक प्रमुख संपादक लेखक स्पष्टवादी और निर्भीक व्यक्तित्व के थे लोग उनकी लेखनी को हमेशा याद करेंगे

इसके बाद यात्रा बीकानेर संभाग में जायेंगी

स्टार्टअप्स को ँगति देने के उददेश्य से इसका निर्माण किया गया है

इस अवसर पर भाटी वंश की कुलदेवी का सुबह पूजन किया गया शाम को आयोजित होने वाले समारोह में विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली प्रतिमाओं को सम्मानित किया जायेगा इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय योगदान देने वाले लोगों को भी पुरस्कृत किया जायेगा

इसके साथ ही राजस्थान विश्वविद्यालय में आचार संहिता लागू हो गई है अब विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को आई कार्ड के बिना प्रवेश नहीं दिया जायेगा इसके लिये मुख्य द्वार पर विशेष व्यवस्था की गई है

सभी घायलों को अलग अलग अस्पतालों में पहुंचाया गया

लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माय जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव मेज सकते हैं

कोटा की कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई कोटा के अनंतपुरा और रेत्या चौकी गांव में पानी भर गया इन क्षेत्रों में नाव चलाकर राहत कार्य किये गये अच्छी बरसात के कारण चंबल नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है कोटा बैराज के पांच गेट खोलकर करीब तीस हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है

प्रतापगढ जिले के पीपलखूंट में पिछले दो दिनों में दस इंच बरसात रिकॉर्ड की गई हैं विभिन्न क्षेत्रों में पानी भरे गया है ग्रामीणों को सतर्क किया गया है इधर जयपुर भरतपुर और सवाईमाघोपुर में भी आज सुबह हल्की से मध्यम बारिश हुईं मौसम विमाग ने आगामी चौबीस घंटों में पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी हैं